एयर इंडिया केन्द्र सरकार ने ऋण के बोझ से दबी विमानन कंपनी एयर इंडिया की शत प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू की है इस उद्देश्य से कल रणनीतिक विनिवेश के लिए प्रारंभिक बोली का मसौदा जारी किया गया

कंपनी का प्रबंधन नियंत्रण भी इन्हें खरीदने वाली कंपनी को स्थानांतरित हो जाएगा नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल नई दिल्ली में मीडिया को इस संबंध में जानकारी दी पर्यटन सम्मेलन प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये भारतीय उद्योग परिसंघ और मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड आज जबलपुर में पर्यटन निवेशक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है कार्यक्रम में वित्तमंत्री तरूण भनोत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे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

किसान ई उपार्जन मोबाइल एप के अलावा एमपी किसान एप से पंजीयन कर सकते हैं

जिला प्रषासन के अनुसार पिछले वर्ष पंजीकृत किसानों और नये किसानों दोनों को ही पंजीयन कराना जरूरी होगा तटरक्षक जहाज भारतीय तट रक्षक जहाज एनी बेसेंट कल चेन्नई में अपने मूल बंदरगाह पहुंच गया देश में डिजाइन किए गए और निर्मित इस जहाज को कोलकाता की खिदरपोर गोदी में हाल ही में तट रक्षक बल में शामिल किया गया था एनी बेसेंट प्रियदर्शनी श्रेणी का तेजी से गश्त लगाने वाला तीसरा जहाज है

इसमें आध्निक दिशा सूचक और संचार उपकरण तथा सेन्सर के साथ बोफोर्स तोप लगी है यह जहाज निगरानी तलाशी तथा बचाव जैसी कई गतिविधियों में सक्षम है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

प्रचार प्रतिबंध इंदौर जिले में किसी भी स्थल पर बिना अनुमति के होने वाले किसी भी आयोजन के प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिला प्रषासन के इस आदेश के तहत सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना होने वाले आयोजन का अब इलेक्ट्रानिक प्रिंट सोशल मीडिया पोस्टर बैनर या अन्य कोई माध्यम से प्रचार प्रसार पर प्रतिबंधित रहेगा इसके अलावा इंदौर जिला सीमान्तर्गत किसी भी स्थल पर बिना अनुमति के जुलूस मौन जुलूस रैली सभा आमसभा धरना प्रदर्शन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है

परीक्षा रेडिया कार्यक्रम प्रदेश में पांचवी और आठवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा के संबंध में विशेष रेडियो कार्यकम परीक्षा की तैयारी का आज आकाशवाणी से प्रसारण किया जाएगा यह प्रसारण प्रदेश के सभी आकाशवाणी केन्द्रों पर सुबह साढ़े ग्यारह बजे से बारह बजे तक सुना जा सकेगा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 लोकरंग राजधानी भोपाल में शुरू हुए लोकरंग कार्यक्रम में मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों के जनजातीय लोकनृत्य प्रस्तुत किये जा रहे हैं कल गुजरात के खारी गायन पर आधारित देशराग मालवी परंपरा पर आधारित घूमर और ब्राजील और यूकेन देशों के नृत्य प्रस्तुत किये गये हैं समारोह के तीसरे दिन आज देशराग में उत्तरप्रदेश के कव्वाल अपनी प्रस्तुति देंगे आदि शिल्पी के अंतर्गत चन्द्रमाधव बारीक के निर्देशन में नृत्य नाटिका प्रस्तुत होगी देशान्तर में आस्ट्रेलिया के कलाकार नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे मौसम उत्तर की ओर से आ रही हवाओं का रूख बदलने और धूप खिलने से कल सर्दी में कमी आई है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 वहीं राजधानी भोपाल में भी कल धूप खिलने से तापमान में बढ़ौतरी दर्ज की गई मौसम विभाग ने आज शहडोल जबलपुर और चंबल संभाग में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और शेष जगहों पर मौसम सामान्य रहने की संभावना व्यक्त की है

समारोह की तैयारी की समीक्षा बैठक कल संभाग आयुक्त कार्यालय में आयोजित की जाएगी

ये बात कल इंदौर जिले के प्रभारी तथा गृह मंत्री बाला बच्चन ने कही

प्रदेश में संभवतः इस तरह की पहल करने वाली धार जिला बार एसोसिएशन पहली एसोसिएशन है